मानसून के फिर सकिय होने से बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद

श्री मोदी के दोबारा सत्ता संभालने के बाद मन की बात कार्यक्रम की यह दूसरी कड़ी होगी यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क और आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडिया डॉट जीओवी डॉट इन पर प्रसारित किया जाएगा इसका प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषा में इसे रात आठ बजे दोबारा सुना जा सकेगा कारगिलविजय दिवस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि रक्षा बलों का आध्निकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों को मजबूत करने के साथ रक्षा उत्पादन और उपकरण के स्वदेशीकरण पर बल दिया जा रहा है

श्री मोदी ने कहा कि सशस्त्र बलों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है और रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी भी बढ़ायी जा रही है

प्रधानमंत्री ने कहा कि कारगिल युद्व के दौरान भारत ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया और उसे मुहंतोड़ जबाव दिया

श्री सिलावट ने कहा कि नमूनों की जाँच में विलम्ब होने से मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्यवाही में देरी होती है

जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव को यहां नकली घी बनाए जाने की सूचना मिली थी जिसके बाद उनके निर्देश पर एसडीएम जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी खाद्य एवं औषधि नियंत्रण अधिकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापा मार कार्रवाई की

साथ ही जाँच दल द्वारा सफेद मक्खनसीताफल पल्प आदि के नमूने भी लिए गये

ई टेंडर ई टेंडर घोटाले की जांच में जुटे मध्यप्रदेश आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ईओडब्ल्यू ने पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के निजी सचिव रहे वीरेंद्र पांडे के निवास पर कल छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया छानबीन में बड़ी संख्या में दस्तावेज आदि बरामद किए गए हैं पांडे के परिजनों से भी पूछताछ की गई है उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री के निजी स्टाफ में रहे वीरेंद्र पांडे और निर्मल अवस्थी को ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को गिरफ्तार किया था वहीं इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है पूर्व मंत्री श्री मिश्रा ने राज्य सरकार को चुनौती दी कि यदि की उनके पास तथ्य हों तो जांच कराएँ वहीं कांग्रेस की ओर से पार्टी मीडिया विभाग की अध्यक्ष शोभा ओझा ने पलटवार करते हुए कहा कि श्री मिश्रा आश्वस्त रहें ई टेंडरिंग मामले में जल्द ही जांच एजेंसियां बड़ी मछलियों तक भी पहुंचेंगी

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले रतलाम नीमच उमरिया मंदसौर झाबुआ भिण्ड और इंदौर हैं वहीं दतिया श्योपुरकलां मुरैना दमोह उज्जैन ग्वालियर बड़वानी बुरहानपुर शिवपुरी खण्डवा अशोकनगर सिंगरौली जबलपुर धार नरसिंहपुर शाजापुर डिण्डौरी रीवा रायसेन मण्डला सीहोर टीकमगढ़ भोपाल कटनी देवास राजगढ़ अलीराजपुर सतना खरगोन और सागर जिलों में सामान्य बर्षा दर्ज की गयी कम वर्षा वाले जिले अनूपपुर छतरपुर गुना आगर मालवा हरदा विदिशा पन्ना सिवनी बैतूल होशंगाबाद शहडोल बालाघाट सीधी और छिंदवाड़ा हैं हालांकि पिछले दो दिनों से राज्य के कई जिलों में मानसून फिर से सकिय हो गया है जिससे बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद है राजधानी भोपाल में बीती रात से रूक रूक कर बारिश का दौर जारी है वहीं रायसेन टीकमगढ़ होशंगाबाद उज्जैन सागर खरगौन सतना बैतूल इंदौर ग्वालियर गुना विदिशाशिवपुरी और श्योपुर में भी अच्छी बारिश हुई

अच्छी खबर में आप रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है अनुकरणीय है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है अच्छी खबर के तीसरे अंक में बात इंदौर की स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में तीन बार प्रथम स्थान पर रहने वाले इंदौर शहर के बाद अब इंदौर रेलवे स्टेशन को भी कचरा मुक्त बनाने के लिए अभियान शुरू किया गया है इंदौर रेलवे स्टेशन को भी सफाई में सर्वप्रथम बनाने के लिए यहाँ कचरे से खाद बनाने की शुरुआत की गई है

पवा में प्राकृतिक जल प्रपात और प्राचीन मंदिर स्थित है

मानसून के फिर सकिय होने से बारिश का कोटा पूरा होने की उम्मीद